केन्द्र सरकार की ओर से रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से प्रदेश के किसानों में उत्साह

संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज मंजूरी दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था

विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्द शिकायत समाधान प्रणाली के जरिये श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर के परकोटे में मेट्रो की सेवा शुरू होने से वहां यातायात का दवाब कम होगा साथ ही वहां पर्यटन को भी बढ़ावा भिलेगा

श्री गहलोत ने कहा कि कोन्द्र सरकार का सहयोग मिला तो जयपुर में दूसरे फेज के तहत अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक मेट्रो की सेवा शुरू की जायेगी साथ ही प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में भी मेट्रो आये इसके लिए प्रयास किये जायेंगे कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फेज दू की डीपीसी तैयार हो रही है

यह कार्यक्रम इस बार वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर उधोगों को बढ़ाया देने पर जोर देर रही है ताकि लोगों को रोजगार भिल सके उन्होंने कहा कि एक स्थान पर व्यापारियों को सभी सुविधाएं मिले इसके लिए एकल संपर्क केंद्र स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वस्त्र और उसके प्रसंकरण में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है ओर सरकार इस उधोग को ओर गति देने के लिए समय समय पर जरूरी कदम उठाती रही है

यह मेला रीको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है

बूंदी में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा नो मास्क नो एन्ट्री की मुहिम के तहत आज तीसरे दिन भी आमजन को मास्क लगाने के लिए जागरुक किया गया

बैठक में इन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है

बून्दी जिले के किसान भोलू लाल सैनी ने बताया कि इस बढ़ोतरी से किसानों को लाभ भिलेगा

ये वाहन परे शहर में योजना के बारे में लोगों को जानकारी देंगे झालावाड में एसआरजी अस्पताल स्वास्थ्य भवन और मोटर गैराज स्थित आश्रय स्थलों पर इन्दिरा रसोई योजना संचालित की जा रही है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है

प्रतापगढ़ में तेज बारिश हुई है इससे सोयाबीन और मक्का की फसल को नुकसान हुआ है झालावाड दौसा और ब्रंदी जिले में भी कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार हैं इस बीच मौसम विभाग ने आज अलवर बारा बांसवाडा चित्तौड़गढ़ भीलवाडा भरतपुर दौसा जयपुर घौलपुर करौली कोटा बूंदी टोंक झुन्झुनू सवाईमाघोपुर झालावाड जिलों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है